मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शाम शिमला में सड़क सुरक्षा पर हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया उन्होंने कहा कि शिमला में अधिकृत व अनाधिकृत पार्किंग क्षेत्र के साईन बोर्ड स्थापित किए जाएगें और शहर में तीन बड़े पार्किंग स्थलों को विकसित करने के कार्य में तेजी लाई जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी तंग सड़कों को चिन्हित कर उन्हें चौड़ा किया जाएगा जयराम ठाकुर ने सभी स्कूल बसों की नियमित जांच करने की जरूरत बताई इस बीच सरकार ने खुलीणी बस हादसे में मृतकों के परिजनों को पांच पांच लाख रूपए देने की घोषणा की है बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने भी सड़क सुरक्षा को लेकर सुझाव दिए समिति केन्द्र ने भारतीय कृषि में बदलाव के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उच्च अधिकार युक्त समिति का गठन किया है ये समिति कृषि में बदलाव और किसानों को आय बढ़ाने के लिए विभिन्नत उपायों पर चर्चा करेगी यह समिति नये मानकों को लागू करने और कृषि क्षेत्र में सुधारों को समयबद्व ढंग से लागू करने का सुझाव देगी समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बच्चों से स्वच्छ भारत का ब्रैंड अम्बेस्डर बनकर लोगों को जागरूक बनाने का आहवान किया है ऊना जिला की मुच्छाली पंचायत में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने ये बात कही

उन्होंने कहा कि संयंत्र में जहां प्लास्टिक की री साईकलिंग की जाएगी वहीं कचरे से खाद तैयार की जाएगी

नरेन्द्र बरागटा मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने कहा है कि लोगों की शिकायतों का घर द्वार पर निपटारा करने के उद्देश्य से सरकार जनमंच कार्यक्रम आयोजित कर रही है

नरेन्द्र बरागटा ने कहा कि किन्नौर जिला में खटारा बसों को सड़कों से हटाने के लिए वे मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे

चुराह विधानसभा क्षेत्र के पधर में मेले के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही

विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र के विकास में नए आयाम स्थापित करने के लिए उन्होंने हरसंभव कदम उठाए हैं और इसे विकास के मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने शिमला में स्कूल बस के खाई में गिरने से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है खाई में गिरी स्कूल बस दो छात्राओं समेत तीन की मौत शिक्षा मंत्री को खदेड़ा दर्जनों वाहन तोड़े पंजाब केसरी का शीर्षक है गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़ शिक्षा मंत्री को घेरा

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अवैध पार्किंग मानी जा रही हादसे की वजह गुस्साए लोगों ने सड़क किनारे खड़े वाहन तोड़े दैनिक जागरण के मुताबिक शिमला में अवैध पार्किंग पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध अजीत समाचार का कहना है मुख्यमंत्री जयराम ने दिए न्यायिक जांच के आदेश हिमाचल दस्तक के अनुसार हाईकोर्ट ने लिया हादसे का संज्ञान सुनवाई आज दैनिक जागरण की एक खबर है हिमाचल में निवेश करेंगी रूस की कंपनियां आपका फैसला लिखता है हिमाचल में कृषि व ईको पर्यटन में सहयोग करेगा रूस बह्चर्चित गुड़िया प्रकरण मामले पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है डॉक्टर बोले आरोपी सूरज को लगी चोटे दो दिन तक पुरानी थी अमर उजाला का शीर्षक है आरोपी सूरज के शव पर चोट के जो निशान थे वो पुलिस कस्टडी में लगी थी दैनिक सवेरा टाइम्स केन्द्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के हवाले से लिखता है जीएसटी अर्थव्यवस्था के हितधारकों के लिए गेम चेंजर की तरह अमर उजाला की एक खबर है ऊना के दौलतपुर से अंबाला के लिए ट्रेन शुरू